आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है उन्होंने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतने का भी आग्रह किया उन्होंने अपने भाषण में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं का भी ज़िक्र किया और कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी अगले माह वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा आईटी सैल ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं और जनता के बीच उचित संपर्क व संचार सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है सोलन जिले के बद्दी में एक बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान युग सूचना व संचार का युग है ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार और पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ साथ स्थिति की निरंतर निगरानी करने का कार्य किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और प्रदेश भाजपा आईटी संयोजक चेतन बरागटा भी इस दौरान मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि विद्युत बोर्ड के फील्ड कर्मचारियों ने प्रदेश के पूर्ण विद्युतीकरण में अहम भूमिका निभाई है सोलन में विद्युत कर्मचारियों के समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षो में विद्युत क्षेत्र को एक नई दिशा दी है जिसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं सुखराम चौधरी ने सोलन को नगर निगम बनाए जाने पर शहर के लोगों को बधाई दी और कहा कि इस फैसले से ये शहर विकास का पर्याय बनकर उभरेगा

राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार समी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर लाभ प्रदान करने का कार्य तीव्र गति से कर रही है शिवरात्रि महोत्सव जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मण्डी शिवरात्रि महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया है

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने महोत्सव में लोक संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी बल दिया

महोत्सव का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे जबकि अंतिम जलेब में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल होंगे स्वच्छता बिलासपुर ज़िला प्रशासन ने लुहणू मैदान और गोविंद सागर झील के किनारे आज सफाई अभियान चलाया ये अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया